राज्य स्तरीय समारोह कल आयोजित किया जाएगा कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे समारोह में राज्य सरकार की उपलब्धियों को वर्च्यअल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा और उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया जाएगा

उधर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दो वर्ष अत्यन्त निराशाजनक और विकास विरोधी रहे हैं राठौड़ ने कहा कि महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार कर्जमाफी और बेरोजगारी भत्ता सहित हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार को दो वर्ष पूर्ण करने पर अपनी उपलब्धियां बताने की बजाए विफलता और कमजोरियों का आत्म परीक्षण करने की जरूरत है

इसी कड़ी में कल कोटा में भी किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने किसानों को भरोसा दिलाया कि इन कानूनों से किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी और उनकी उपज का उन्हें अच्छा दाम मिलेगा साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि न तो मंडिया बंद होगी न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद बंद होगी

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ फसलों की खरीदारी जारी है

इससे पहले ॅकल नामांकनों की जांच की गयी

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह घोषणा करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे से अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले आरपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई इस पर अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है

इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है